थिम्फू में रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में कोई भी अन्य दो देश एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह नहीं समझते और न ही उनके बीच इतनी अच्छी साझेदारी है उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध केवल भौगोलिक निकटता की वजह से नहीं बल्कि सांझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के कारण भी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की भूमि गौरवान्वित है जहां राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने उन्होंने कहा कि बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों की पीढ़ियों ने अपने आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से भारत और भूटान के बीच विशेष संबंध को प्रगाढ़ किया है भूटान के प्रधानमंत्री लोते शिरिंग भी इस अवसर पर उपस्थित थे भूटान की दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्फू में भूटन के प्रधानमंत्री के साथ कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की

ये बात श्री गाव ने गत शनिवार को ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा

श्री वांगसु ने कहा कि अधिकारियों को नए नियमों और दिशा निर्देशों पर जानकारी रखनी चाहिए उन्होंने प्रत्येक विभाग को बुनियादी विकास योजना बनाने से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा विधायक ने जिला प्रशासन और पुलिस से क्षेत्र में नशे की लत को समाप्त करने में सहयोग देने का भी आग्रह किया

ताली में हालही में विभिन्न अधिकारियों और हितधारकों के साथ हुई बैठक में उन्होंने ये बात कहीं बैठक के दौरान विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई जिसमें मुख्य रुप से सड़क और दूरसंचार संपर्क पर विशेष ध्यान दिया गया श्री ताको ने विभिन्न विभागों के कार्यालय को ताली एडीसी मुख्यालय में स्थानंतरित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया

श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में इस कार्यक्रम का यह तीसरा संस्करण होगा प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि मन की बात भारत के असाधारण व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को मनाने का श्रेष्ठ मंच है उन्होंने लोगों से अपने विचार माई गाव ओपन फॉरम पर साझा करने के लिए आमंत्रित किया है

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश इस प्रसारण का हिस्सा बन सकते हैं इस कार्य के लिए फोन लाइनें बाइस अगस्त तक खुली रहेंगी

वेस्ट सियांग जिले के आर के मिशन स्कूल एन एम एच एस एस उच्चतर माध्यमिक स्कूल और टाउन मीडिल स्कूल में हजारों की संख्या में उम्मीदवारों ने परीक्षा दिया

आज का अधिकतम तापमान चौतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया